उन्होंने कहा कि एक हजार चार सौ पैंतालीस मामले तबलीगी जमात से जुडे हैं

सबसे ज्यादा मरीज इन्दौर में है

प्रदेश में पांच हजार टेस्टिंग किट भी उपलब्ध है उधर बैतूल जिले में कोरोना पॉजीटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने पूरे भैसदेही में कर्फ्यू लगाकर इसे कन्टेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है

वहीं मुरैना में कल भी सभी रिपोर्ट निगेटिव मिली है

यहां लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को रखा जायेगा विदिशा जिले में सिरोंज में कोरोना पॉजीटिव मिलने के बाद इंतजाम और कड़े कर दिये गये हैं वहीं गंजबासौदा में टोटल लॉकडाउन किया गया है क्योंकि यह व्यक्ति गंजबासौदा में भी दो दिन ठहरा था

शाजापुर में कल रात से तीन दिन के लिए लागू टोटल लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दूध और दवाई की दुकान ही खुली रहेंगी वाहनों की आवाजाही पर पूर्णरूप प्रतिबंध रहेगा नीमच में अखबार लाने वाले वाहनों में यात्रियों को लाने के मामले में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं वहीं अनूपप्र में कल से संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है जिला कलेक्टर ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है सतना में सभी बैंक शाखाएं आज से अगले आदेश तक सुबह दस से शाम चार बजे तक काम करेगी छतरपुर में कोरोना संकमण की रोकथाम के लिए घर घर सर्वेक्षण किया जा रहा है इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कटनी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निशुल्क दवाए दी जा रही है वहीं सिवनी में जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न सामग्री पहॅचाने के लिए व्यवस्थाएं की गई है भिंड में सांसद संध्या राय ने कल एक बैठक के दौरान लोगों से अपील की कि वे घर में ही रहे और जिला प्रशासन के नियमों का पालन करें

ग्वालियर में सर्व ग्वालियर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को घर पर ही सब्जी फल और अन्य सामग्री पहॅचाने की व्यवस्था की गई है जबलपुर में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की शिकायतों के बाद सभी सब्जी मंडियों को तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया है इस दौरान हाथठेलों के जरिए सब्जी की आपूर्ति की जायेगी उज्जैन में लगातार संदिग्ध मरीज मिलने के बाद सर्विलेंस टीम गठित की गई है खंडवा में जिला प्रशासन ने पुराने बस स्टैण्ड के पास बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए रूकने की व्यवस्था की है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कांन्फ्रेंस के माध्यम से रबी उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि ऐसी व्यवस्था करें जिससे किसानों की गेहुं चना सरसों और मसूर फसलें समर्थन मूल्य पर सुगमता से खरीदी जा सकें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि करोना संकट के चलते इस बार रबी उपार्जन कार्य को एक मिशन के रूप में किया जाना है मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीदी केंद्रों पर भीड़ न लगे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना है

जो किसी भी वित्तवर्ष में सबसे अधिक है

ये सामग्री सहायता के तौर पर मिल रही है